प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त करेंगे

राज्य में विधायकों की अनुशंसा पर खुलेंगे धान क्रय केंद्र सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने की घोषणा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

कोविड टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत पहली मार्च को हुई

राज्य में पिछले कुछ दिनों में नये कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई हैं

जबकि रांची में एक मरीज की मौत हुई

इसके बाद राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार एक सौ उनतीस हो गई है इनमें आठ सौ छियासी सक्रिय केस हैं जबकि अब तक एक लाख अठारह हजार पांच सौ बावन लोग ठीक हुए हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त करेंगे

वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्वं का सम्मान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल ओवर द टॉप मीडिया सेवा ओटीटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हेंन नए ओटीटी दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी नई दिल्ली में इन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने ओटीटी उद्योग से जुड़े लोगों के साथ पहले भी कई दौर की बातचीत की और आत्मनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया है दिशा निर्देशों के प्रावधानों की जानकारी देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने केवल कार्यक्रम से जुड़ी सूचनाएं देनी है और इसलिए मंत्रालय के साथ किसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि इसके लिए एक आवेदन पत्र का प्रारूप जल्द तैयार किया जाएगा

कोडरमा जिले में स्थानीय प्रशासन ने कल तीन बाल मजदूर और एक बंधुआ मजदूर को मुक्त कराया है उपायुक्त रमेश घोलप ने बच्चों के अभिभावकों के साथ बातचीत कर उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया

उपायुक्त ने मुक्त कराये गए बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया नगर निकाय प्रदर्शन के आधार पर रांची नगर निगम को देशभर में उनचालीसवां स्थान मिला है लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करने के मामले में उन्नीसवां स्थान मिला है नागरिक सेवा के मामले में रांची नगर निगम सैंतालीसवें स्थान पर है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि नक्सलियों ने हताशा के कारण इस घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए रणनीति बनाकर काम किया जाएगा श्री सोरेन ने कल सिपाही देवेन्द्र कुमार पंडित सिपाही हरद्वार साह और सिपाही किरन सुरेन को रांची में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ श्रद्धांजलि दी इन तीनों शहीद जवानों की पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों के बिछाए आईइडी विस्फोट से मृत्यु हो गई थी मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की उन्होंने पुलिस महानिदेशक और दूसरे पुलिस अधिकारियों से इस समूची घटना की जानकारी ली इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने भी शहीदों को श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को धान क्रय केंद्र खोलने का निर्देश दिया है गुरूवार को सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों की अनुशंसा पर उपायुक्त को धान क्रय केंद्र खोलने का निर्देश दिया जा रहा है झामुमो विधायक दीपक बिरूआ ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि राज्य के सभी पंचायत स्तर पर धान क्रय केंद्र खोलने का क्या क्या प्रावधान है इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना था कि प्रखंड स्तर पर यह केंद्र खोला गया है जरूरत पड़ने पर और भी क्रय केंद्र खोल जा रहे हैं मंत्री के जवाब के बाद मुख्यमंत्री ने सदन में उपायुक्तों को अपने स्तर पर निर्देश दिया विधासभा में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति बढ़ाने पर कोर्ट के निर्णय के अनुसार फैसला करेगी मांडर विधायक बन्ध् तिर्की की ओर से अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाने पर यह जानकारी दी विधायक बन्धू तिर्की ने सवाल किया था केंद्र सरकार ने अनुसचित जनजाति कल्याण मंत्री के ओर से गरीब मेधावी अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है जिसमें विद्यार्थियों को भुगतान करने का प्रावधान है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में पीएफ पर आठ दशमलव पांच प्रतिशत की ब्याज दर कायम रखने का फैसला किया है कल श्रीनगर में केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष कुमार की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया ईपीएफओ में पांच करोड़ से ज्यादा सदस्यों को पीएफ की राशि पर इस दर से ब्याज मिलेगा श्रम मंत्रालय ने कहा चालू वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने इक्विटी में अपना निवेश बाहर निकालने का फैसला किया है डेट इनवेस्टमेंट से मिले ब्याज और इक्विटी निवेश को बेचने से मिले फंड से ही उंची दर पर ब्याज देना संभव हुआ है

गोड्डा जिले के लालमटिया के पुनर्वास स्थल पर कल हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य घायल हो गए घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक बाईक पर एक ही परिवार के चार लोग जा रहे थे ट्रक और बाईक के बीच टक्कर होने से यह घटना घटी घटना के बाद दूर्घटना स्थल पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया सरकारी आश्वासन मिलने के बाद कल देर शाम जाम हटा लिया गया

राज्य के लगभग सभी अखबारों ने कल पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में हुए नक्सली हमले में शहीद तीन जवान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक भास्कर ने भी नक्सली हमले की खबर के साथ ही देश में पहली बार एक बार में दस लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिये जाने की खबर को भी पहले पन्ने प्रकाशित किया है